राज्यपाल आज पझौता गोली कांड की हीरक जयंती के मौके पर सिरमौर जिला के राजगढ में स्वतंत्रता सैनानी वैद्य सुरत सिंह स्मारक राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वैद्य सूरत सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर विद्यार्थियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने बाद में हाबन में एक जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में बलिदानियों का इतिहास गौरवमयी रहा है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से होम स्टे नेचर वॉक इको टूरिज्म और बागीचों की सैर को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करेगी मुख्यमंत्री आज शिमला में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार स्थानीय व्यंजनों लोक कलाकारों स्थानीय कारीगरों ट्अर गाईड इको गाईड और एडयेंचर गाईड जैसे क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करेगी ताकि इनमें रोजगार के और अधिक अवसर सुजित किए जा सकें

इस सड़क के बंद हो जाने से जिंगजिंगबार के दोनों और सैंकड़ों वाहन फंस गए हैं इनमें पर्यटक वाहन भी शामिल है लाहौल स्पिति के एसडीएम अमर नेगी ने भारी भुस्खलन से इस सडक के बंद हो जाने की पृष्टि की है उन्होंने कहा कि सीमा सडक संगठन से सैलानियों को फिलहाल दारचा से आगे नहीं भेजने का आग्रह किया गया है

वीरेन्द्र कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि केन्द्र सरकार का चार सालों का कार्यकाल स्वर्णिम रहा है सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते हए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस दौरान अनेकों योजनाएं शुरू की जिनका आज समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है

हंसराज आज चम्बा में जैव विविधता को मुख्य धारा में लाना स्थानीय लोग और उनकी आजीविका को कायम रखना विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए नई योजनाओं पर काम करने और राज्य में जैव विविधता की सभी अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखते हए इसके संरक्षण पर भी बल दिया

मौहल पहुंचने पर लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल का पंचायत प्रधान सहित स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया दुर्घटना सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र के रोनहाट के अजरोली नामक स्थान पर बीती रात एक जीप के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति मौत हो गई और दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए मृतक की पहचान शिमला जिले के संतोष कुमार के रूप में हुई है दोनों घायलों को उपचार के लिए पांवटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है